जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश व प्रदेश में भाजपा के पक्ष में आए जनादेश को कांग्रेस को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और उसे इससे अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है मुख्यमंत्री आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे

अधिक जानकारी हमारे संवाददाता संजीव सुंद्रियाल से डिस्पैच मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा अपनी हार के लिए ईवीएम को दोष दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि इससे विपक्ष की हताशा और निराशा झलकती है जयराम ठाकुर ने इस मौके पर अपने विरोधियों पर परोक्ष हमला भी बोला और कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि वही सब कुछ कर सकते हैं

मुख्यमंत्री ने पंडित सुखराम पर भी निशाना साधा और कहा कि वह दावा करते थे कि सरकार उनकी वजह से बनी है लेकिन पंडित सुखराम मंडी सदर में भी अपने पोते के लिए बढ़त नहीं दिला पाए उन्होंने दावा किया कि पूरे देश की तर्ज पर हिमाचल में भी लोकसभा चुनाव में माहौल मोदीमय था

उन्होंने भाजपा को दिए अपार जन समर्थन के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी जताया

इस पर पार्टी स्तर पर विचार होने के बाद उनके भविष्य को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा संजीव सुंद्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला

मुख्यमंत्री ने पूरे देश में भाजपा को वोट देने में हिमाचल के नम्बर वन रहने पर खुशी भी जताई सीएम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा को अपार समर्थन देने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया है मुख्यमंत्री आज शिमला में अपने सरकारी आवास पर बड़ी संख्या में मिलने आए लोगों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने भाजपा की जीत को लोगों की जीत करार दिया और कहा कि यह जीत केन्द्र सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों पर लोगों की आस्था को दर्शाती है मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भविष्य में और भी निष्ठा व समर्पण की भावना से कार्य कर लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी रवि ठाकुर लाहौल स्पिति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने भाजपा की अप्रत्याशित जीत को ईवीएम मशीनों के साथ कथित टैम्परिंग का नतीजा करार दिया है रवि ठाकुर ने आज केलंग में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और विपक्ष की सभी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया

यही नहीं कांग्रेस के चारों उम्मीदवार भी अपनी जमानत बचाने में जैसे तैसे सफल हुए

इसके विपरीत भाजपा के सभी चारों उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड मतों से अपने अपने क्षेत्रों में जीत दर्ज की

सुक्ख कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रदेश में हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की बजाय एकजुट होकर आगे बढ़ने की सलाह दी है सुक्खू ने आज एक बयान में कहा कि चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की लेकिन यदि नतीजे विपरीत आए तो इसका दोष कार्यकर्ताओं पर नहीं मढ़ा जा सकता सुक्खू का ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने प्रदेश में पार्टी की बुरी तरह हार के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खू को जिम्मेदार ठहराया है सुक्खू ने ये भी कहा कि हार के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हार के बाद ही जीत मिलती है शपथ प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आज उच्चतम न्यायालय के चार नये न्यायाधीशों को शपथ दिलाई इनमें न्यायमूर्ति बी आर गवई सूर्यकांत अनिरूद्व बोस और ए एस बोपन्ना शामिल हैं

इस मौके पर शीर्ष न्यायालय के कई अन्य वर्तमान न्यायाधीश भी मौजूद रहे बॉक्सिंग असम के गुवाहट्टी में चल रही अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिमाचल के दो मुक्केबाजों ने पदक हासिल किए

हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने इन मुक्केबाजों द्वारा मैडल जीतने पर खुशी जताई उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुक्केबाजों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं न होने के बावजूद हिमाचल के मुक्केबाज न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैडल जीत रहे हैं एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से राज्य में बॉक्सिंग अकादमी खोलने की मांग की है ताकि प्रदेश के मुक्केबाजों को और बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके मौसम प्रदेशवासियों को फिलहाल मौसम के बिगड़े तेवरों का क्छ और दिन सामना करना पड़ेगा

इस बीच आज शिमला सहित राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा हई जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है सोलन जिला में हुई वर्षा टमाटर शिमला मिर्च और अन्य नकदी फसलों के लिए काफी लाभकारी मानी जा रही है

इसी के साथ इस हादसे में मशीन और ऑपरेटर को ढूंढने के लिए चल रहा सर्च अभियान आज समाप्त हो गया लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने कहा कि पोस्टर्माटम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को राहत मैनुअल के अुनसार राहत राशि दी जाएगी